आज कोलकाता में राष्ट्रीय सुख्का गार्ड एनएसजी के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत विश्व में शाति चाहता है और किसी पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं है उन्होंने कहा कि अगर कोई इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहता है तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है गहमंत्री ने कहा कि देश ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों के बाद विश्व में आतंरिक सुरक्षा के मामले में भारत का नाम अमरीका और इस्राइल के बाद लिया जाने लगा है श्री अमित शाह ने आतंकवाद का मुकाबला करने और देश की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की मूमिका की सराहना की उन्होंने आतंक संबंधी गतिविधियों के बदलते परिदृश्य के मद्देनजर बल की प्रैद्योगिकी प्रशिक्षण और रणनीति में बदलाव लाने की भी वकालत की उन्होंने कहा कि सरकार अन्य कत्याणकारी उपायों के अलावा जवानों को एक सौ दिन का अवकाश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि जवान अपने परिवारों के साथ समय बिता सकें

इस अवसर पर आयोजित जनसमा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करीनगर जिले में चार सौ उन्यासी करोड रूपये की परियोजनाओं पर कान चल रहा है उन्होंने कहा कि जल्द ही नारायणी नदी पर पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाया जायेगा इस अक्तर पर श्री मौर्य ने जिले की सत्रह सड़कों का लोकार्पण और उन्तीस सड़कों का शिलान्यास भी मंच से बटन दबाकर किया जनसमा को क्शीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे और खड्डा के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने भी संबोधित किया उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद नौर्य ने आज सुल्तानपूर में एक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का भी उदघाटन किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को रिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित है और इस दिशा में लगतार कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आने वाले मेघावी छात्रों के घर और स्कूल तक पक्की सड़कें बनवायी जाएगी सरकार ने रिक्षा के माध्यम से लड़कियों और नहिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान श्रू किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मंत्रालय देशगर के स्क्तों और कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा उन्होंने कहा कि आठ मार्च को मनाये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विषय संयुक्त राष्ट्र के पीढ़ी समानता अभियान के अनुरूप रखा गया है वर्ष दो हजार बीस को विश्वमर में महिला समानता की दिशा में प्रगति के लिए आघारमूत समझा जा रहा है विरव समुदाय ने पेइविंग में महिलाओँ के अधिकारों का जो संकल्प लिया था उसके बाद से विश्वमर में इस दिशा में काफी प्रगति हुई है प्रदेश के विभिन्न जिलों के बयालीत्त सौ से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया कृशीनगर जिले के सनी बावन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आरोग्य मेलों का आयोजन हुआ जिसमें कुल छह हजार दो सौ छत्तीस रोगियों की जांच कर दबाए दी गयीं साथ ही एक सौ बासठ आयम्मान कार्ड भी वितरित किए गए प्रत्येक रविवार को सबह दस बजे से दोषहर दो बजे तक आयोजित होने वाले आयोग्य मेले में मरीजों को निश्चल्क जांच और उपचार की सुविधा दी जा रही है प्रदेश सरकार ने बिजली बकाया जमा करने के लिए आसान किस्त योजना के लिये पंजीकरण की ऑतम तारीख इकत्तीस मार्च तक बढ़ा दी है

आसान किस्त योजना के तहत विजली उपमोक्ताओं को विजली बकाया की धनराशि को अधिकतम चौदीस मासिक किस्तों में आगामी माह के दिलों के साथ जना करने की सुविधा दी जा रही है उपनोक्ता सभी किस्तों का भगतान एक साथ भी कर सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस में प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बारह मार्च तक बढ़ा दी गई है विश्वविद्यालय ने यह निर्णय विभिन्न राज्यों की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख उन्तीस फ़रवरी थी

पुलिस अवीक्षक आश्रीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के ओबत क्षेत्र में शारदा मंदिर के पास शुक्रवार शाम को खदान धसकने से हुई दुर्घटना में मलबे में पांच मजदूरों के दबे होने की आशंका थी उन्होंने बताया कि वाराणसी से आए एनडीआरएफ दल ने मलबे से आज तीन और शवों को निकाला दो मजदूरों के शव कल बरामद किए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपये और घायलों को पचास पचास हजार मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं